कहा विस्तारवाद का युग समाप्त यह विकासवाद का युग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरतने पर बल दिया मुख्यमंत्री ने कानपूर मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को एक एक करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता असाधारण पेंशन और परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की देश में कोविड नाइन्टीन मरीजों के स्वस्थ होने की दर साठ दशमलव सात तीन प्रतिशत हुई प्रदेश में सत्रह हजार पांच सौ सत्तानबे कोविड रोगी स्वस्थ हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लेह में सेना वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है

उन्होंने इसे विकास का युग बताते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है विस्तारवाद का यूग समाप्त हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही अवसर हैं और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है बीती राताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया मानवता को विनाश करने का प्रयास किया विस्तारवाद की जिद जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व सांति के सामने खतरा पैदा किया है

प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रखा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं आपका निश्वय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके ईद गिर्द खड़ी हैं आपकी इच्छाशक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी का संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है जाना है आपकी शौर्य गाधाएं घर घर में गूंज रही हैं और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर भी देखी है और आपकी प्यूरी भी

ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिये हैं

ये रिनपोंडे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुस्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया रिनपॉठे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लहाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया है ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को भारतीय सेना को तद्वाख स्काउट नाम से प्ददिजतल तमहपउमदज बनाने की प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माताओं दोनों का सम्मान करते हैं जब जब मैं राष्ट्र ख्वा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं पहली हम समी की भारतमाता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्वायों को जन्म दिया है इससे पहले प्रधानमंत्री कल सुबह अचानक लेह पहुंचे इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे भी थे चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अप्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरतने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान संचालित विमिन्न गतिविधियों में संक्रमण से सुरक्षा के लिए समी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग दो गज की दूरी के नियम का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें उन्होंने कोरोना के सम्बंध में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार को जारी रखने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच में और तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इसके लिए रैपिड एंटिजन टेस्ट को बढ़ावा दिया जाए उन्होंने प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकत्रियों भूतपूर्व सैनिकों चिकित्सा सेवा से जुड़े सेवानिवृत्त लोगों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग लिया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने कानपुर जिले में एक दिन पूर्व अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को एक एक करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता नियमानुसार परिवार के सदस्य को नौकरी और असाधारण पेंशन देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कल कानपुर पहुंचकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की उन्होंने घायल प्लिसकर्मियों से मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिये घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाएगी कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बृहस्पतिवार देर रात अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे और एक नागरिक सहित सात पुलिसकर्मी घायल हुए थे यह मुठमेड़ उस समय हुई जब पुलिस का एक दल साठ आपराधिक मामलों के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने गया था केन्द्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी के मद्देनजर जेईई और नीट परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं अब जेईई मुख्य परीक्षा एक से छह सितम्बर को होगी

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट तेरह सितम्बर को होगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने कल उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड नाइन्टीन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड नाइन्टीन मरीजों की जल्दी पहचान और समय से क्लीनिकल प्रबंधन के कारण रोजाना स्वस्थ होने की दर बढ़ती जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बीस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए देश में अब तक कूल तीन लाख उन्यासी हजार आठ सौ इक्यानबे रोगी ठीक हो चुके हैं कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर साठ दशमलव सात तीन प्रतिशत हो गई है अधिकारी ने बताया कि अभी दो लाख सत्ताइस हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान नौ सौ बयासी नये कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये हैं अब राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या पच्चीस हजार सात सौ सत्तानवे हो गई है अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस समय सात हजार चार सौ इक्यावन सक्रिय मामले हैं और सत्रह हजार पांच सौ सत्तानबे कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना संक्रमण से प्रदेश में सात सौ उन्चास लोगों की मौत हुई है भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की भावना के अनुरूप आकाशवाणी से आज से संस्कृत में पहले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है इस कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सूक्ति प्रसंग साप्ताहिकी संस्कृ त दर्शन ज्ञान विज्ञान बाल वल्लरी एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनविक्षिकी खंड शामिल होंगे इसमें सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रम भी शामिल होंगे संस्कृत जगत की खबरें संस्कृत साहित्य दर्शन इतिहास कला संस्कृति और परम्परा में मानव मूल्यों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं की आवाज को प्रमुखता दी जाएगी कार्यक्रम की रोचक विशेषता एक भारत श्रेष्ठ भारत है कार्यक्रम के अंतिम खंड अनविक्षिकी में सप्ताह की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डाली जाएगी इसमें भारत की समृद्व संस्कृति और परम्परा पर जोर दिया जाएगा